अब यह चौहत्तर दशमलव नौ प्रतिशत तक पहंच गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि चौबीस घंटों के दौरान लगभग अट्ठावन हजार लोग स्यस्थ हुए हैं इस महामारी से मृत्यू दर भी लगातार कम हो रही है वर्तमान में यह एक दशमलव आठ छह प्रतिशत पर आ गई है इस बीच पिछले चौबीस घंटों के दौरान उनहत्तर हजार दो सौ उन्तालीस नये रोगियों के सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या तीस लाख को पार कर गई है इस दौरान इस संक्रमण से नौ सौ बारह लोगों की मौत होने से मरने वालों की कुल संख्या छप्पन हजार सात सौ से अधिक हो गई है देश भर में संक्रमित कुल तीस लाख चौवालिस हजार नौ सौ चालीस लोगों में से बाईस लाख अस्सी हजार स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सात लाख सात हजार छह सौ अड़सठ रोगियों का अभी इलाज चल रहा है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् आईसीएमआर के सूत्रों ने बताया कि कल आठ लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई इसके साथ ही देश भर में अब तक क्ल तीन करोड बावन लाख बानवे हजार नमूनों की जांच की जा चुकी है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्षन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा उन्होंने बताया कि कोविड नाइन्टीन के उपचार के लिए देश में बन रही तीन में से एक वैक्सीन मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहंच चुकी है

उनकी संख्या लगभग आधा दर्जन के करीब है उसमें से भी तीन जो हैं वो विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल्स के फर्सट फेज सेकेंड फेज थर्ड फेज तक पहुंच गये हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आयेंगे और हमें सफलता मिलेगी कोविड नाइन्टीन पर राष्ट्रीय कार्यदल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरे दौर में पहुंची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं डॉ पॉल ने कहा कि अन्य दो वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में हैं आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भरतीया इंस्टीटयूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ अमरचंद बजाज ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वच्छता बहत ही महत्वपूर्ण है जब तक हमारे पास इसकी ट्रिटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकाशनली मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कूल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जब कि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉ नरेश ग्प्ता की राय है कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को आसानी से रोका जा सकता है उन्होंने कहा कि एहतियात बरतने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पडेगी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विमाग ने देशभर के स्कूलों के अध्यापकों और प्रधानाचार्यो से नई शिक्षा नीति दो हजार बीस को लागू करने की प्रक्रिया पर सुझाव मांगे हैं अध्यापक अपने सुझाव इस महीने की चौबीस से इकतीस तारीख तक अपलोड कर सकते हैं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 शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय चयन अभिकरण की संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के जरिए कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सीईटी में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के साथ साझा किये जा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के चयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के धन और समय की बचत होगी साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी आसानी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है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 इसके साथ ही लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा एस एमएस पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं